सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

टीकाकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रकिंग की है तो इसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है

टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है

लखनऊ में मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई प्रतिष्ठित लोगों ने आज टीकाकरण कराया

जिन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कस ने अभी टीके की दूसरी खुराक नहीं ली है वे तत्काल संबंधित केन्द्र पर पहुंच कर दूसरी खुराक ले सकते हैं सभी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सोमवार से शनिवार कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है कोविड टीकाकरण के लिये को विन पोर्टल पर जाकर ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है जो लोग ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये है वे स्वयं अपना आधार कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र लेकर टीकाकरण केन्द्रों पर पहुंच कर पंजीकरण के बाद टीका लगवा सकते हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि को वैक्सीन और कोविड शील्ड दो तरह की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है दोनों ही वैक्सीन प्रभावशाली और सुरक्षित है पहले कोविड शील्ड की दूसरी खुराक चार सप्ताह बाद लगाई जा रही थी लेकिन अब कोविड शील्ड को चार से आठ सप्ताह के बीच लगवाया जा सकता है केन्द्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज इसकी घोषणा की

इस बार चयन करने के लिए पांच जूरी मेंबर थे आशा भोंसले मोहन लाल विश्वनजीत चौटर्जी शंकर महादेवन और सुभाष घई ये पांच जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्व सम्मति से अपने महानायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारीश की है और उसको हमने स्वीकारा है रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की तीन तारीख को दिया जाएगा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

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो गई थी प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है

प्रदेश में चौरी चौरा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित पांच दिनों तक चलने वाली छायाचित्र प्रदर्शनी आज से शुरू हो गयी एक रिपोर्ट आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित पांच दिनों तक चलने वाली छायाचित्र प्रदर्शनी आज से शुरू हो गयी प्रदर्शनी में जहाँ एक ओर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारियों के चित्र वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणासोत हैंवहीं दूसरी ओर आजादी से पूर्व की महत्वपूर्ण बैठकोंउनमें राष्ट्रवादी नेताओं की सहभागिता एवं अन्य प्रमुख घटनाओं के दुर्लभ छायाचित्र दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र हैं

कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा प्रदेश के दो अलग अलग जनपदों में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गये प्रतापगढ़ जनपद में उदयपुर थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में जहरीली शराब से सात लोगों की जान चली गई जिलाधिकारी नितिन बंसल और प्रलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का दौरा किया उसके बाद संबंधित लेखपाल और थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया इस संबंध में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है उधर अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाना अन्तर्गत डफरपुर त्रिलोकपुर गांव में जहरीली शराब से दो लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य का इलाज चल रहा है शराब पीने की इन घटनाओं के पीछे ग्राम प्रधान चूनाव के लिये प्रलोभन का मामला सामने आया है प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद कार्य शुरू हो गया है इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसानों को अपनी उपज बचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े

गेहूँ बेचने के लिये पंजीकृत किसानों को ऑन लाइन टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है

बैंक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के असर और जारी अनिश्चय क बीच भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर साढ़े सात प्रतिशत से साढ़े बारह प्रतिशत के बीच रह सकती है